मुख्यमंत्री इस अवसर पर वाटर प्यूरिफिकेशन इन्वी गोरेटिंग स्कीम वापिस को भी लान्च करेंगे कार्यक्रम की शुरूआत पर्यावरण रैली से की जाएगी आज विश्व पर्यावरण दिवस है लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से हर वर्ष पांच जून को ये दिन मनाया जाता है ताकि प्रकृति तथा पृथ्वी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रचनात्मक कदम उठाए जा सकें पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष का विषय है वायु प्रदूषण इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्विट संदेश में कहा कि जलवायु परिर्वतन की समस्या का समाधान करने और अगली पीड़ी को अधिक हरित और पारिथितिकीय अनुकूल परिवास उपलब्ध करवने के लिए देश वचनबद्ध है इस मौके पर प्रदेश भर में अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इधर विश्व पर्यावरण दिवस पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा भी प्रदेश के तीन बड़े पर्यटन स्थलों शिमला मनाली तथा धर्मशाला में वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन संस्था नौ ग्रांव शाखा के प्रमुख डॉ आरके अभिलाषी ने बताया कि संस्था के हजारों स्वयं सेवक मनाली में नीली टी शर्ट और टोपी सेवादल के पुरूष खाकी वर्दी और महिलाएं नीली तथा सफेद वर्दी मे सुबह साढ़े सात बजे से दोपहर साढ़े बारह बजे तक इस अभियान को चलाएंगे ईद उल फितर का त्यौहार आज प्रदेशभर में पारम्परिक हर्षोल्लास व उमंग के साथ मनाया जा रहा है यह त्यौहार आपसी भाईचारे क्षमा व उदारता का प्रतीक है इस मौके पर शिमला समेत प्रदेश की विभिन्न मस्जिदों में नमाज अता की जा रही है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश वासियों विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि अनेकता में एकता ही हमारी शक्ति है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ईद उल फितर का त्यौहार खुशी और प्रसन्नता लेकर आता है उन्होंने उम्मीद जताई कि ये त्यौहार लोगों में आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करेगा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है

लोगों को पौधे बांटते है जवाहर

छात्रवृति घोटाले पर दैनिक जागरण लिखता है सीबीआई ने कब्जे में लिया शिक्षा निदेशालय का रिकार्ड

पहले विदेश दौरे पर जर्मनी जाएंगे मुख्यमंत्री अखबार की एक अन्य खबर है

आपका फैसला के शब्द है अंधड़ और ओलावृष्टि से सेब व प्लम की फसल तबाह गर्मी से कुछ राहत हिमाचल दस्तक की एक खबर है पुलिस का एंटी ड्रग लॉ स्वास्थ्य विभाग से खारिज अफीम की खेती पर अब पंचायतों पर कार्रवाई

दैनिक जागरण के शब्द हैं सोलन व धर्मशाला प्लानिंग एरिया के लिए नियमों में संशोधन दैनिक सवेरा टाईम्स लिखता है निवेशक महासम्मेलन पर उपचुनाव का साया अक्तूबर में उप चुनाव होने पर बदलेंगी महासम्मेलन की तारीखें